इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे बाद में वे नगरोटा बगंवा मंडल में महिला मोर्चा के सम्मेलन में शिरकत करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इसी तरह हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर हमीरपुर में जबकि मंडी सीट से पार्टी उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा सुंदरनगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर प्रचार करेंगे वहीं शिमला से भाजपा के सुरेश कश्यप पांवटा साहिब के अनेक स्थानों पर पार्टी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे दूसरी ओर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनी राम शांडिल नाहन और नौणी में चुनाव प्रचार पर रहेंगे इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहेंगे कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल नूरपुर में जबकि मंडी से पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा सिराज में चुनाव प्रचार करेंगे वहीं हमीरपुर से पार्टी उम्मीदवार रामलाल ठाकुर नैनादेवी और बिलासपुर में प्रचार करेंगे दिव्यांग मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में दिव्यांग मतदाताओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि दिव्यांग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने कल नाहन से वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सभी एसडीएम तथा खण्ड विकास अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए

नवरात्र चैत्र नवरात्र के पांचवे दिन आज माँ दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है इन्हें कल्याणकारी शक्तियों की अधिष्ठात्री भी माना जाता है माता के इस स्वरूप के दर्शनों के लिए शक्पिठों सहित मंदिरों में सुबह से श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं

उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया है कि पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की जाएगी रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभियान का उददेश्य प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर रोक लगाना और कचरे की समस्या से लोगों को निजात दिलाना है गोपाल चंद ने बताया कि साडा क्षेत्र में भी इस दौरान विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा प्रतियोगिता ऊना जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की चौथी जिला स्तरीय खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता कल आईटीआई ऊना में शुरू हुई

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ करने के बाद कहा कि खेलों से आपसी भाईचारे की भावना को बल मिलता है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है जयराम सरकार के मंत्री अनिल शर्मा का भाजपा पर हमला कहा अब मैं करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक दैनिक जागरण के शब्द हैं मंडी की बिसात दांव पर वजीर दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है जन कल्याणकारी कार्यों के चलते मोदी लहर अब बनी सुनामी राज्य में नेशनल हाईवे के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है नेशनल हाईवेज की मुरम्मत को फंड मुहैया करवाए केंद्र सरकार दिव्य हिमाचल का शीर्षक है एनएच निर्माण पर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार अमर उजाला का कहना है नई नीति से हाईवे बनाए जाने हैं तो डीपीआर पर क्यों खर्चे करोड़ों शिक्षा विभाग के रडार पर निजी स्कूल जिलों में निरीक्षण के लिए तीन तीन कमेटियां गठित शीर्षक से खबर को हिमाचल दस्तक ने प्रमुखता दी है

विद्यार्थियों के लिए वर्दी खरीद को निर्वाचन आयोग की मंजूरी शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है साढ़े आठ लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी यूनिफॉर्म

दिव्य हिमाचल ने कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है दैनिक भोगी अनुबंध कर्मी पक्के पहली अप्रैल से मिलेगा नियमितीकरण का लाभ आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल के छह विश्वविद्यालय एनआईआरएफ रैंकिंग में दर्ज